खाद्य नागरिक आपूर्ति एव उपमोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी कृषकों से नजदीकी पंजीयन केंद्र पर पंजीयन कराने की अपील की गई है विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पंजीयन के लिए समग्र सदस्य आईडी आधार कार्ड ऋण पुस्तिका बैंक खाता पासबुक और मोबाइल नंबर अनिवार्य किया गया है पंजीयन सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे के बीच कार्यदिवस में कराया जा सकता है गौरतलब है कि सरकार इस बार एक हजार आठ सौ चालीस रुपए प्रति क्विटल की दर से गेंहू खरीदी करेगी

भाजपा आंदोलन प्रदेश में पिछले दिनों एक के बाद एक भाजपा नेताओं की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में कानून व्यवस्था के बिगड़ने का आरोप लगाया है भाजपा द्वारा आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है भोपाल में आयोजित प्रदर्शन में सांसद आलोक संजर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक रामेश्वर शर्मा प्रदेश महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा जिला अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ सिंह शामिल हुए जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की अग्वाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वहीं मुरैना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम से कर्लेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली रायसेन में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गौरतलब है कि कल बड़वानी में हत्या अज्ञात आरोपियों ने भाजपा मण्डल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की कर दी थी इससे पहले मंदसौर में भी पार्टी के एक नेता और नगरपालिका अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पीसी शर्मा प्रदेश के जनसम्पर्क विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा कल भोपाल के गांधी भवन में विमुक्त एवं घुमक़ड़ और अर्द्वघुमक़ड़ समुदायों के एक जुटता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि इन वर्गों को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी श्री शर्मा ने कहा कि घुमक्कड़ और अर्द्वध्मक्कड़ एवं विमुक्त समुदायों के बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध कराए जाएंगे साथ ही समुदाय के लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराये जायेंगे उन्होंने बताया कि समुदाय की बुजुर्ग एवं विधवा महिलाओं की पेंशन राशि तीन सौ रूपए से बढ़ाकर एक हजार रूपए कर दी गई है करमा उत्सव डिण्डौरी में कल से जनजातीय नृत्यों पर आधारित करमा उत्सव का आयोजन किया जायेगा आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा आयोजित इस उत्सव का शुभारंभ वित्त मंत्री तरुण भनोत करेंगे तीन दिवसीय इस उत्सव के पहले दिन कल प्रदेश के बैगा र्गोड कारकू भील कोल और भारिया जनजातियों के पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति होगी

करमा उत्सव के दौरान नर्मदा नदी की गोण्ड जनजातीय स्मृति कथाओं पर आधारित जलदा चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की जायेगी

मौसम प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का दौर जारी है दिन में जहां तेज ध्रप पड़ रही है वहीं रात में अभी भी ठण्डक बनी हुई है कल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सागर भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में काफी बढ़े और शेष संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नही हुआ मौसम विभाग के अनुसार चंबल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस खजुराहो रीवा और मण्डला में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों और छतरपुर नीमच मंदसौर और राजगढ़ जिलों में कहीं कही हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है